मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास के लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्षम है आज बेंगलुरू टेक सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत में डिजाइन किए गए तकनीकी समाधानों को विश्व में पहुंचाया जाए प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत इस अनूठी स्थिति में ह कि वह सूचना के इस युग में विश्व के देशों से आगे निकल सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास सर्वश्रेष्ठ दिमाग और सबसे बड़ा बाजार ह और भारतीय प्रौद्योगिकी की विश्व में पैठ बनाने की क्षमता है प्रधानमंत्री ने भारतीय उत्पादों के वैश्विक मानकों पर खरा उतरने के कुछ उदाहरणों का जिक्र किया यूपीआई प्लेटफॉर्म की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इससे हर कोई डिजिटल भुगतान कर सकता है और पिछले महीने इस प्लेटफॉम के जरिए दो अरब रूपये का वित्तीय लेनदेन हुआ

उन्होंने कहा कि भूमि विवाद समाप्त करने और लोगों को सशक्त करने की दिशा में स्वामित्व योजना एक ऐसी ही पहल है जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मालिकाना हक प्रदान किया जाता है उन्होंने कहा कि चाहे विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत हो या गरीबां तक बिजली पहुंचाना और उन्हें आवास दिलाना हो इनके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए तकनीकी समाधान निकालना उनकी सरकार की नीति है

उन्होंने कहा है कि संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्था को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाये

उन्होंने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़न में मेडिकल टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है ऐसे में टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता से किया जाये आज विश्व शौचालय दिवस है यह दिन स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाने और लोगों को शौचालयों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व शौचालय दिवस पर कहा कि भारत ने सभी के लिए शौचालय की अपनी वचनबद्धता पर दृढता से अमल किया है एक ट्वोट में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने करोडों भारतवासियों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने की शानदार उपलब्धि हासिल की है श्री मोदी ने कहा कि इससे हमें विशेषकर नारी शक्ति को सम्मान और स्वास्थ्य संबंधी अनेक लाभ भी हुए हैं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग सुरक्षित स्वच्छता तक सबकी पहुंच पर जागरूकता लाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत विश्व शौचालय दिवस का आयोजन कर रहा है इस अवसर पर स्वच्छता के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आने वाले जिलों और राज्यों को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा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

भारतीय उदयोग परिसंघ फिक्की के एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस टीके के वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि कई राज्यों और स्थानों पर कोरोना के मामलों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है ऐसे में बेहद सतर्कता की आवश्यकता है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रतिदिन स्वस्थ होने के मामले नए मामलों से अधिक हो रहे ह उपचाराधीन रोगियों की संख्या कुल मामलों के पांच प्रतिशत से भी कम है

प्रदेश में छठ पर्व श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है छठ के दूसरे दिन आज शाम खरना पूजा की गइ इस दौरान व्रती और श्रद्धालुओं ने सूर्य देवता की अराधना की और उन्हे खीर पूरी और फल अर्पित किये

प्रदेश सरकार ने नदियों और तलाबों के किनारे छठ पूजा के आयोजन के दौरान कोरोना से बचाव संबंधी नियमों के कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन की ओर से घाटों की सफाई और श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है एक रिपोर्ट प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी पूलिस और प्रशासन के अधिकारियों को पत्र लिखकर महिलाओं को इस बार छठ महापर्व को घर में ही मनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं इसके साथ ही घाटों पर सामाजिक दूरी और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने को भी कहा गया है गृह मंत्रालय के पत्र के मुताबिक जिला प्रशासन और स्थानीय नगर निकायों द्वारा नदियों और जलाशयों के किनारों पर टॉयलेट के समुचित इंतजाम किए जाएंगे इसके साथ ही एंबुलेंस और पीने के पानी की भी व्यवस्था की जाएगी

लोगों की सहूलियत और जागरूकता के लिए हर घाट पर कोविड हेल्प डेस्क भी स्थापित की जा रही है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसपा प्रमुख और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के पिता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने सुश्री मायावती से दूरभाष पर वार्ता कर उन्हें सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिये आज से विश्व धरोहर सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है ताज नगरी आगरा में सप्ताह के पहले दिन आज ताजमहल सिकन्दरा लालकिला और फतेहपुर सीकरी सहित सभी ऐतिहासिक स्मारकों में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया इस दौरान पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए कोरोना के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये सात दिनों तक विश्व धरोहर सप्ताह के अन्तर्गत ताजमहल में लगाई गई प्रदर्शनी का सीआईएसएफ के कमांडेंड राहुल यादव ने फीता काट कर शुभारम्भ किया इस प्रदर्शनी के माध्यम से सैलानियों को स्मारकों के इतिहास से अवगत कराया जा रहा है और उनसे स्मारको को संरक्षित रखने में अपना योगदान देने की अपील की गई है

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के कारण अपने घरों को लौट गये रेहडी पटरी वाले इस कर्ज के पात्र है योजना में कर्ज के प्रावधान बेहद आसान है इसके लिये किसी भी सेवा केन्द्र नगर निगम कार्यालय या बैंक में आवेदन किया जा सकता है इसके बाद लोगों के घरों पर बैंक खुद पहुंच रहे हैं